उन्होंने कहा कि पानी का संचयन सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है श्रीमती ईरानी आज अमेठी में केन्द्र की योजनाओं जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जिले में सरकार द्वारा चलायी जा रही समस्त योजनाओं को जनता तक पहुंचाया सुनिश्चित करें उन्होंने जनता की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश भी दिया बैठक के बाद केन्दीय मंत्री ने पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी और दिव्यांगजन विमाग की ओर से दिव्यांगजनों को व्हीलचेअर का वितरण किया प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने पर्यावरण और जल संरक्षण में भागीदारी की सभी नागरिकों से अपील की है उप मुख्यमंत्री आज कानपुर नगर के सरसौल विकास खंड के ग्राम पंचायत तुसौरा में वर्षा जल संचयन एवं जल संख्यण विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है इसलिए जीवन को बनाये रखने के लिये जल का संचयन अति आवश्यक है उन्होंने जल संचयन और जल संरक्षण के कार्य को जन आन्दोलन के रूप में लेने को आहवान किया वस्तु और सेवाकर यानी जीएसटी परिषद ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है जीएसटी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाम होंगे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की पैंतसवीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नई दिल्ली में कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिजोरम और तेलंगाना के वित्तमंत्री अपने पहले से निर्वारित कार्यक्रम के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके भारतीय जनता पार्टी देशमर में आगामी छः जुलाई से व्यापक सदस्यता अभियान छेड़ेगी जो ग्यारह अगस्त तक चलेगा पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रमुख और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी समाज के उन तबकों तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करेगी जो अभी तक पार्टी से नहीं जुड़ सके हैं उन्होंने बताया कि यह अभियान देशभर में दस लाख बूथों पर चलाया जायेगा उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना है उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल पार्टी के एक करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इस सदस्यता अभियान के दौरान इस ऑकड़े में बीस फीसदी की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रहेगा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को सर्वस्पर्शी और सर्व व्यापकता प्रदान करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सदस्यता अभियान प्रारम्भ किया जो छः जुलाई से आरम्भ होगा और ग्यारह अगस्त तक उसका समापन होगा उत्तर प्रदेश में सभी एक लाख तिरसठ हजार द्वथों तक यह सदस्यता अमियान जायेगा और बीस प्रतिशत जो सदस्यता अधिक करने की बात है जो हमारी सदस्यता पौने दो करोड़ के आसपास उसको बीस प्रतिशत करीब हर दूथ पर अधिक सदस्यता की जानी है नये सदस्य बनाये जाने है तो इस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सर्वस्पशी और सर्वव्यापक संगठन बनाने का उस दिशा में संगठन तेजी से काम करेगा राज्यपाल राम नाईक ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र अट्ठारह जुलाई से बुलाये जाने पर अपनी सहमति दे दी है इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अधिसूचना में कहा है कि राज्यपाल ने अट्ठारह जुलाई को सुबह ग्यारह बजे से विधानमंडल का सत्र विधान भवन में आहूत किया है प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है गोरखपुर सहित राज्य के सभी पूर्वी जिलों में कल से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है गोंडा बलरामपुर अयोध्या और सुल्तानपुर में भी आज हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की खबर है बारिश होने से लंबे समय से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है